प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आम जनता का विश्वास हमारी ताकत है भाजपा सरकार ने यह साबित किया है कि देश में बिना भ्रष्टाचार के सरकार चलाई जा सकती है और कड़े फैसले लिये जायें तो देश की जनता साथ देती है इससे पहले कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अधिवेशन को संबोधित करते हए पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया अधिवेशन में केन्द्रीय मंत्री भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पार्टी सांसद और वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं

शुभारंभ समारोह में श्री अलफोन्स ने कहा कि हर व्यक्ति के पास अपनी कहानियां होती हैं जीवन के अलग अलग किस्से और अनुभव होते हैं साहित्य हमें ऐसे ही अनुभवों को साझा करने का अवसर देता है मध्यप्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं पर उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश बहत ही सुन्दर और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हैं यहां पर्यटन को बढ़ाने के अपार संभावनायें हैं उन्होंने कहा कि सिर्फ भोपाल की झीलों को देखने के लिए ही हर साल लाखों पर्यटक आ सकते हैं वहीं इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि पर्यटन के विकास के साथ साथ झील के संरक्षण का भी ध्यान रखा जाये इस अवसर पर मध्यप्रदेश की संस्कृति मंत्री डाक्टर विजयलक्ष्मी साधौ भी मौजूद थीं तीन दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल के दौरान देश विदेश के जाने माने लेखक चिंतक और अलग अलग विधाओं के कलाकार भाग ले रहे हैं गठबंधन बसपा प्रमुख मायावती और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए आज लखनऊ में गठबंधन का ऐलान किया

अमेठी और रायबरेली सीटों को हमने कांग्रेस से गठबंधन किए बिना ही उसके लिए छोड़ दिया है शेष दो सीटों पर अन्य पार्टियों को मौका देंगे कांग्रेस के गठबंधन में शामिल नहीं होने पर मायावती ने कहा कि कांग्रेस से गठबंधन करके हमें फायदा नहीं मिलता बल्कि कांग्रेस को हमारे वोट ट्रांसफर हो जाते हैं हमारा वोट प्रतिशत घट जाता है युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस पर आज प्रदेश भर में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस अवसर पर विद्यार्थियों और नागरिकों को बधाई और शुभकामनाए दी हैं मुख्यमंत्री ने युवाओं को दिये संदेश में कहा कि सूर्य नमस्कार के फायदों को देखते हुए इसे अपने जीवन की दिनचर्या से जोड़ें उन्होंने कहा कि तन और मन से स्वस्थ युवा ही देश और प्रदेश का भविष्य बना सकते हैं इस अवसर पर भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी शामिल हुए उधर इंदौर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने शामिल हुए प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों और कॉलेजों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किये गये सागर में सूर्य नमस्कार का मुख्य आयोजन एमएलबी स्कूल में हुआ ग्वालियर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हर वर्ष की तरह इस बार भी स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस युवा दिवस के रूप में मनाया गया गुना शिवपुरी रायसेन अनुपपुर शाजापर अशोकनगर झाबुआ राजगढ़ मुरैना भिंड विदिशा टीकमगढ सिवनी और आगर मालवा जिलों में भी युवा दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गये और बड़ी संख्या में लोगो ने सूर्य नमस्कार किया कमलनाथ लोकार्पण मुख्यमंत्री कमल नाथ ने आज नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में करीब डेढ़ सौ करोड़ रुपये लागत से बनने वाले नए मध्यप्रदेश भवन का भूमि पूजन किया इस अवसर पर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री डाक्टर गोविन्द सिंह भी उपस्थित थे यह भवन लगभग दो साल में बनकर तैयार होगा इसमे राज्यपाल और मुख्यमंत्री के लिए सुईट के अलावा दो व्हीआईपी कक्ष सहित सौ से ज्यादा कमरे और तीन मीटिंग हॉल रहेंगे नए भवन में आवासीय आयुक्त कार्यालय भी होगा

कमलनाथ ने कहा कि सभी को अभिव्यक्ति का अधिकार है